लड़ाकू विमान भी मार गिराया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूवाओं से नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने का आहवान किया है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता को बताया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय पायलट उसके कब्जे में है प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के इस दावे के बारे में और तथ्यों का पता लगाया जा रहा है युवा संसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उंचाइयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खेलो इण्डिया एप का उद्घाटन किया जो देश के खेलों से जुड़ी जानकारी उपलबध करायेगा स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज इंदौर स्थित बुनकर सेवा केंद्र के पोलो ग्राऊंड में नवनिर्मित कार्यालय भवन का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने बुनकर सेवा केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियो को बधाई देते हये कहा कि बुनकरों के कल्याण के लिए यह कार्यालय और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद ब्नकरों का आहवान किया कि वे बुनकर सेवा केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और इस केंद्र के माध्यम से संचालित योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएँ गौरतलब है कि साढ़े सात हजार वर्गफीट में बने इस नवनिर्मित भवन का निर्माण मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया है

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की जीरन में आयोजित तहसीलस्तरीय किसान सम्मेलन में प्रभारी मंत्री हुकुमसिंह कराड़ा शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा करके दिखाया है वहीं देवास जिले के कन्नौद और खातेगांव में आयोजित ऋणमाफी कार्यकम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने किसानों को स्वीकृति पत्र वितरित किये कल भी प्रदेश की कई तहसीलों में जय किसान फसल ऋणमाफी योजना के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे खण्डवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सचिन यादव शामिल होंगे शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में प्रचार रथों के जरिए ऋणमाफी योजना की जानकारी किसानों को दी जा रही है पन्ना जिले में योजना के तहत इकहत्तर हजार किसान ऋणमाफी के पात्र पाये गये हैं जिनका दो करोड़ साठ लाख रुपये से अधिक के ऋण माफ किये जायेंगे नरसिंहपुर सागर सिंगरौली गुना सहित विभिन्न जिलों से ऋणमाफी योजना के कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं पासपोर्ट उज्जैन में कल से पासपोर्ट कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है स्थानीय नेहरू नगर पोस्ट ऑफिस में बनाए गए पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन सांसद चिंतामणि मालवीय ने किया इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि अब ऑनलाइन पासपोर्ट फॉर्म भरे जाएंगे जिससे शहरवासियों को अब भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे न्यूज चैनल अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री आज भोपाल में राष्ट्रीय कृ षि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे इस दौरान श्री नाथ ने कहा कि किसानों के हित में बदलते हुए क्रषि परिदृश्य को ध्यान में रखकर नई योजनाएँ बनाना जरूरी है इसमें किसानों कृषि विशेषज्ञों तथा कृषि व्यापार से जुड़ी संस्थाओं का भी सहयोग लें चिकित्सक भर्ती प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज अशोकनगर जिला चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह बात कही श्री सिलावट ने बताया कि चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इसके साथ ही सेवानिवृत्त शासकीय चिकित्सकों और प्रायवेट डाक्टरों से सरकारी अस्पतालों में सेवाये लेने पर भी विचार किया जा रहा है

उत्तर पूर्व राज्य के इन छात्रों को प्रदेश के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में ले जाया जा रहा है इन छात्रों ने सांची विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया और एक दूसरे की संस्कृ ति के बारे में जाना आजाद पुण्यतिथि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आज श्रद्धांजलि दी गयी लोगों ने आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर उन्हें नमन किया इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा आजादी की लड़ाई मे चन्द्रशेखर आजाद की भूमिका पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है राजधानी भोपाल में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई जिसके बाद मौसम में ठण्डक घुल गई उधर शिवपुरी जिले में भी आज सुबह से बादल छाए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीती रात कई स्थानों पर बारिश के बाद क्षेत्र में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है वहीं सतना जिले में भी बादल छाये हए हैं जिससे किसानों की चिन्ता बढ़ गई है उधर मुरैना जिले में आज तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई बेमौसम बारिश से सरसों की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में सागर रीवा संभाग के जिलों और भोपाल विदिशा इंदौर शाजापुर उज्जैन शिवपुरी दतिया भिण्ड और श्योपुर जिलों में बारिश की संभावना जताई है अब कुछ समाचार संक्षेप में राज्य शासन ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हरिरंजन राव को पर्यटन विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है गुना के अपर कलेक्टर अनिल चांदिल का तबादला भिण्ड किया गया है वहीं सपना अनुराग को र्देवास का अपर कलेक्टर बनाया गया है रीवा के संयुक्त कलेक्टर आईरिफ जोसेफ को सतना का अपर कलेक्टर बनाया गया है

इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई